इस दौरान बालिकाओं के अधिकारों के प्रति लोगो की सोच में बदलाव लाने का बडा प्रयास किया गया है

इधर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बालिका दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं करौली में जिला कलक्ट्रेट सभागार में प्रतिभावान बालिकाओं को सम्मानित किया जा रहा है वहीं भरतपुर में रंगोली प्रतियोगिता हुई बालिकाओं को सम्मानित भी किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर राष्ट्रीय बालिका दिवस पर देश की बेटियों को उनकी उपलब्धियों के लिए सलाम किया है उन्होंने अपने संदेश में कहा कि केन्द्र सरकार ने बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए कई पहल की है वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बालिका दिवस के मौके पर ट्वीट संदेश के जरिये कहा कि हमे बलिकाओं की शिक्षा स्वास्थ्य पोषण और उनके समग्र विकास के लिये नये रूप में संकल्प लेना होगा उन्होंने कहा कि लैंगिक असमानता समाप्त करने की दिशा में काम करने के लिए हम प्रतिबद्ध है देशभर में कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा इसका उद्देश्य मतदाताओं विशेषकर नये मतदाताओं को प्रोत्साहन और सुविधा देने के साथ साथ अधिक से अधिक संख्या में उन्हें मतदाता सूची में शामिल करना है

इधर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एण्ड नर्सिंग होम्स सोसायटी की ओर से आज जयपुर में प्राइवेट डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मियों के कोविड वेक्सीनेशन की औपचारिक शुरूआत होगी ये कार्यक्रम राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित किया जायेगा

दस जिलों में कल कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में प्रदेश में कई जिलों में शीतलहर चलने के साथ साथ कहीं कहीं घना कोहरा छाये रहने की संभावना व्यक्त की है मौसम विभाग के अनुसार कल श्रीगंगानगर हनुमानगढ बीकानेर नागौर चूरू सीकर झंझंनूं अलवर अजमेर तथा भीलवाडा जिलों में कहीं कहीं शीतलहर के साथ घना कोहरा छाने की संभावना है वहीं करौली सवाईमाधोपुर जयपुर और दौसा जिलों में मध्यम से कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है इधर राज्य में आज माउंटआबू सबसे सर्द स्थान रहा यहा पारा जमावबिन्दु पर रहा